बैंकॉक के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आसियान देशों के साथ संपर्क में सुधार के लिए उत्सुक है उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक सहभागिता सम्मेलन आरसीईपी में नेता इस संबंध में होने वाले समझौतों की प्रगति की समीक्षा करेंगे उन्होंने कहा है कि आसियान से संबंधित शिखर सम्मेलन भारत की विदेश नीति विशेषकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अवैध होर्डिग्स कार्यवाही मुख्य सचिव एस आर मोहती ने संभागायुक्तों और कलेक्टर्स को नगरीय क्षेत्रों में अवैध रूप से लगे विभिन्न श्रेणी के विज्ञापन जैसे होर्डिंग्स कटआउट आदि के विरूद्व हफ्ते भर में वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि इस कार्यवाही के लिये सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे वहीं प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास ने जारी आदेश में कहा है कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर समय समय पर अवैध रूप से लगने वाले राजनैतिक सामाजिक धार्मिक श्रेणी के होर्डिंग्स या विज्ञापन बिना जिला कलेक्टर की अनुमति के नहीं लगेंगे इस दायरे में मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष दौरे पर आये गणमान्य व्यक्ति विभिन्न श्रेणी के धार्मिक विज्ञापन क्षेत्रीय और अन्य समस्त जनप्रतिनिधि शामिल हैं

साथ ही इन स्थलों को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा

उन्हें भोपाल स्थित राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन शपथ दिलाएंगे श्री मित्तल वर्तमान में मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं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

जल सत्याग्रह प्रदेश के खण्डवा जिले में ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों की मांगों को लेकर किया जा रहा जल सत्याग्रह आज नौवें दिन भी जारी है नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले आंदोलनकारी जल सत्याग्रह कर रहे हैं कुछ कार्यकर्ता पानी में भी बैठे हुए हैं संक्षिप्त समाचार गुना के सांसद डाक्टर केपी यादव ने कहा है कि अशोकनगर रेलवे स्टेशन को हैरिटेज स्टेशन के रूप में विकसित किया जायेगा उन्होंने ये बात स्टेशन के स्मारक द्वार का शिलान्यास करते हुए कही